अंतिम रिपोर्ट आने तक मतदान प्रतिशत में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है जीन साठ में से सत्तावन विधानसभा और दो लोकसभा सीटो के लिए मतदान हुआ उनके परिणाम तेईस मई को घोषित होंगे राज्य में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बारह मतदान केंद्रों पर ईवीएम की खराबी या टूटने की वजह से मतदान नहीं हो पाया उन्होंने बताया कि ईस्ट कामेंग जिले के जोमोह यांगफो तागामपिक तुंगी वेस्ट कामें जिले के नचिबन पालिन चामबांग के रेस्ट्रेरिंग और जोरु ताली विधानसभा क्षेत्र के कोरे हापा और गिमबा याचुली के तहत पानिया दुमपोरिजो विधान सभा क्षेत्र के नासी लिरोमोबा के दाबोकामकी और बासार के लेते मतदान केंद्र पर मतदान नहीं हो पाया है क्रा दादी जिले में दो राजनीतिक दलों के संमर्थको ने झड़प की घटनाओं में तीन व्यक्तियों के घायल होने की खबर है अधिकारिक सूत्रों के अनुसार घायलों को हेलिकॉप्टर से इलाज के लिए ईटानगर लाया गया है अरुणाचल वेस्ट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिज् ने विश्वास व्यक्त किया है कि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा पैतालीस से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी और अगले सरकार बनायेगी ईटानगर संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सीटिजनशिप एमेंडमेंट बिल का चुनाव में कोई असर नहीं पड़ा है श्री रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल जैसे संरक्षित राज्य के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है बहुकोणीय मुकाबले में फंसे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे लोकसभा की दोनो सीटों को जीतने के प्रति आश्वस्त है रुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एन्ड्रयू द एपसल से सम्मानित करने की घोषणा की है यह सम्मान उन्हें रुस और भारत की सरकारों और जनता के बीच विशेष सद्भाव और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है यह सम्मान विज्ञान संस्कृति और कला के क्षेत्र और रुस की समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजर बायेव और अजरबेजान के राष्ट्रपति गेदार ऐलिएव को भी यह सम्मान दिया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रुस का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर राष्ट्रपति प्रतिन और रुस की जनता का धन्यवाद किया है एक टवीट में उन्होंने कहा कि भारत रुस मैत्री का आधार बहुत मजबूत है और इसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रुस के बीच विस्तृत सहयोग के असाधारण परिणाम रहे है उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं शीर्ष न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सभी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे तीस मई तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों से प्राप्त रकम और बैंक खातों के बारे में प्ररी जानकारी उपलब्ध कराए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक ग्रप्ता तथा संजीव खन्ना की पीठ ने इस आदेश की आज घोषणा की है एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश पारित किया गया है याचिका में इस योजना की वैधता को चुनौती देते हुए यह आग्रह किया गया है कि या तो चुनावी बाँड का जारी करना रोक दिया जाए या चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किया जाए ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे केंद्र ने पिछले वर्ष जनवरी दो हजार अट्ठारह में चुनावी बाँड योजना की अधिसूचना जारी की थी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक अथवा भारतीय या भारत में स्थापित कंपनी चुनावी बाँड खरीद सकते हैं व्यक्तिगत रुप के अनुसार व्यक्तियों के समूह को भी बाँड खरीदने की अनुमति दी गई है जनप्रतिनिधि अधिनियम उन्नीस सौ इक्यानवें की धारा उनतीस ए के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जिन्हें पिछले लोकसभा आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए है उन्हें भी चुनावी बाँड प्राप्त करने की अनुमति दी गई है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

आज का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इक्कीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया